कहा आदेश का पालन नहीं करने पर विभाग पर लगाया जायेगा पचास हजार रूपये का जुर्माना

प्रदेश में मॉनसून हुआ कमजोर

कई हिस्सों में लू चलने के आसार और कोन्द्रीय मंत्रिमंडल ने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को मंजूरी दी

पटना हाई कोर्ट ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की लचर स्थिति पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगायी है न्यायमूर्ति ज्योति शरण और पार्थसारथी की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुये कहा कि विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण राज्य में स्वास्थ्य सेवा बदहाल है पीठ ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को इलाज की जगह मौत मिलती है न्यायालय ने कई सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्ट के पद नहीं होने पर हैरानी जतायी खंडपीठ ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को चेतावनी देते हुये कहा कि यदि फार्मासिस्ट के सत्तर प्रतिशत खाली पड़े पदों को भरने के संबंध में कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता है तो विभाग पर अगली तारीख को पचास हजार रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा मामले की अगली सुनवाई एक जुलाई को होगी प्रदेश में दिमागी बुखार से मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर एक सौ चौरासी हो गयी है बारिश में कमी और तापमान में वृद्धि के कारण नये मामले फिर से सामने आने लगे हैं कल मुजफ्फरपुर में तीन बेगूसराय में दो और भागलपुर तथा समस्तीपुर में एक एक बच्चों की मौत की खबर है कल मुजफ्फरपुर स्थित एसकेएमसीएच और केजरीवाल अस्पताल में सात नये मरीजों को भर्ती कराया गया इन दोनों अस्पताल में बावन बच्चों का इलाज चल रहा है जिनमें दो की स्थिति गम्भीर बतायी जाती है इधर राज्य सरकार द्वारा मरने वाले बच्चों के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की प्रारंभिक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि अधिकांश पीड़ित परिवार गरीबी की चपेट में हैं और उनमें स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता का अभाव है बीमार पड़े दो सौ नवासी बच्चों में इकसठ बच्चे ऐसे पाये गये हैं जिन्होंने बीमारी की चपेट में आने से पहले रात में भोजन नहीं किया था दो सौ पांच बच्चे बीमार पड़ने से पहले धूप में खेलने गये थे एक सौ छत्तीस अभिभावक ऐसे मिले हैं जिन्हें मुफ्त एम्बुलेंस सेवा की जानकारी नहीं थी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि बिहार में दिमागी बूखार से होने वाली मौतों के पीछे लीची मुख्य कारण नहीं है आईएमए के एक दल ने प्रभावित इलाकों के सर्वे के बाद कहा है कि मृतकों में नवजात भी शामिल है इसलिए लीची को बीमारी का कारण मानना सही नहीं है रिपोर्ट में कहा गया है कि प्राथमिक जांच से यह पता चला है कि कुपोषण गर्मी उमस शरीर में पानी की कमी और खून में शुगर की अत्यधिक कमी बीमारी का मुख्य कारण है राज्य सरकार ने मुजफ्फरपुर में एईएस से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए योगदान नहीं देने के आरोप में पीएमसीएच के शिशु रोग विभाग के दो चिकित्सकों को निलंबित करते हुय उन्हें पद से हटा दिया है केन्द्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी नये विधेयक के तहत घटिया उत्पाद बेचने पर पांच साल तक की जेल और पचास करोड़ रूपये तक जुर्माने का प्रावधान है विधेयक में केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के गठन का भी प्रस्ताव है जिसकी राज्य और जिला स्तर पर शाखाएं होंगी ये प्राधिकरण ग्राहकों की शिकायतें सुनेंगी साथ ही भ्रामक विज्ञापन या अनुचित व्यापार के तरीकों से ग्राहकों को मुआवजा तय करने का भी अधिकार प्राधिकरण को दिया गया है इस विधेयक के दायरे में ई कॉमर्स कम्पनियों को भी लाया गया है वहीं कैबिनेट ने मोटर वाहन संशोधन विधेयक के मसौदे को भी मंजूरी दे दी है इसमें यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर दस हजार रूपये तेज गाड़ी भगाने पर एक हजार से दो हजार रूपये और बिना बीमा पॉलिसी के गाड़ी रखने पर दो हजार रूपये का जुर्माना होगा बिना हेल्मेट के वाहन चलाने पर एक हजार रूपये का जुर्माना और तीन महीने के लिए ड्राईविंग लाईसेंस निलंबित कर दिया जायेगा प्रदेश में मॉनसून के कमजोर पड़ने से लोगों को एक बार फिर भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है मौसम विभाग ने कहा है कि पछ्आ हवा के कारण मध्य और पश्चिम दक्षिण बिहार में अगले अड़तालीस घंटों तक बारिश की कोई सम्भावना नहीं है पटना सहित दक्षिण बिहार का अधिकतम तापमान सामान्य से चार से पांच डिग्री सेल्सियस ऊपर बना हुआ है जिस कारण लू की स्थिति उत्पन्न हो गयी है विभाग ने उत्तरी बिहार के कुछ स्थानों पर हल्की ब्रंदाबांदी की सम्भावना जतायी है इधर कृषि वैज्ञानिकों ने मॉनसून के रूख को देखते हुये किसानों से अधिक पानी वाली फसल नहीं लगाने की अपील की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को वाहनों से होने वाले प्रद्षण को रोकने के ठोस उपाय करने के निर्देश दिये हैं पटना में राजस्व संग्रह वाली विभागों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में ई रिक्शा को प्रोत्साहन देने की जरूरत है श्री कुमार ने सम्पत्ति के पारिवारिक बंटवारे के आधार पर होने वाले निबंधन को ओर प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया मुख्यमंत्री ने पंचायतों में प्लस टू स्कूल के निर्माण में तेजी लाने का भी निर्देश दिया समीक्षा बैठक में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं स्वच्छ भारत मिशन आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और मनरेगा की भी समीक्षा की गयी मनरेगा के तहत चलने वाले कामों का सामाजिक सर्वेक्षण करवाया जायेगा केन्द्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार ने यह फैसला किया है सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य योजना को और पारदर्शी बनाना तथा अधिकारियों की जवाबदेही तय करना है उत्तर रेलवे के बरेली जंक्शन पर निर्माण कार्यों के कारण पूर्व मध्य रेलवे से खुलने और गुजरने वाली तीन जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है वहीं आठ जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है दानापुर आनंद विहार जनसाधारण एक्सप्रेस आज से नौ जुलाई तक और वापसी में कल से दस जुलाई तक रद्द रहेगी वहीं मालदा टाउन नई दिल्ली एक्सप्रेस और बरौनी से अम्बाला कैंट जाने वाली हरिहर एक्सप्रेस को अलग अलग तिथियों में अप और डाउन में रद्द किया गया है सीबीआई और आरपीएफ की टीम ने पटना जंक्शन के पास छापेमारी कर बारह लाख रूपये के अवैध टिकट के साथ दो दलालों को गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिमागी बुखार पर केन्द्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किये जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक जागरण लिखता है एईएस से बच्चों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार और केन्द्र से मांगा जवाब दैनिक भास्कर की सुर्खी है सुप्रीम कोर्ट ने कहा बच्चों को इस तरह मरने नहीं देंगे सरकार बताये कि इस बीमारी को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हिन्दुस्तान ने लिखा है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य का इस्तीफा आज की सुर्खी है लोकसभा में आधार सहित तीन महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पेश राष्ट्रीय सहारा लिखता है ट्रैफिक नियम तोड़ा तो न्यूनतम पांच सौ रूपये जुर्माना

कहा आदेश का पालन नहीं करने पर विभाग पर लगाया जायेगा पचास हजार रूपये का जुर्माना

प्रदेश में मॉनसून हुआ कमजोर

कई हिस्सों में लू चलने के आसार और कोन्द्रीय मंत्रिमंडल ने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को मंजूरी दी